मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को सभी विकासात्मक परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश अटल टनल का नाम अब होगा अटल रोहतांग टनल केन्द्र सरकार ने जारी की अधिसूचना मुख्य सचिव अनिल खाची ने आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर निगरानी व तैयारी की आवश्यकता पर दिया बल

प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये जारी किये थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को सभी विकासात्मक परियोजनाएं समयबद्व पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि परियोजनाओं की मूल्य वृद्धि न हो और लोगों को विकास का लाभ मिल सके वे आज धर्मशाला में कांगड़ा जिला के मंत्रियों सांसदों विधायकों और जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के नाते सरकार कांगड़ा ज़िले के विकास पर विशेष बल दे रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में विकास की गति प्रभावित हुई है लेकिन सरकार विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है उन्होंने कहा कि ज़िले में जलजीवन मिशन और ब्रिक्स के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता है इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से चुनाव स्थगित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार का कोई विचार नहीं है लेकिन सरकार पंचायतों के गठन को लेकर पुनः विचार कर रही है

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हारचक्कियां में वन विभाग व किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही

वीरेन्द्र कंवर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग अपने सभी कार्यालयों में डिस्पले बोर्ड दर्शाएगा ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में एक समीक्षा बैठक में कहा कि इन योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए विभाग एक डायनामिक वैबसाइट भी तैयार करेगा

जनसंवाद प्रदेश की जनता की आशाओं आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को जानने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम सोशल मीडिया रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से माह में एक बार प्रसारित होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिक मुख्यमंत्री तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं कार्यक्रम का प्रसारण हिमाचल प्रदेश सूचना व जनसम्पर्क विभाग और हिमाचल माई गॉव द्वारा किया जाएगा

अटल टनल अटल टनल का नाम अब अटल रोहतांग टनल होगा केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है रोहतांग टनल परियोजना के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर पुरूषोतम ने ये जानकारी दी है गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने इस टनल का नाम अटल टनल रखा था लेकिन जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के लोग टनल के साथ रोहतांग का नाम जोड़ने के पक्ष में थे जिले के कुछ सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की सलाह पर रक्षा मंत्री को इस संबंध में एक पत्र भी भेजा था स्थानीय लोगों ने केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है राजेन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज शिमला में खाद्य आपूर्ति विभाग व नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके राजेन्द्र गर्ग ने खाद्य सामग्री भंडारण गोदामों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए मुख्य सचिव मुख्य सचिव अनिल खाची ने आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर निगरानी और तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया है शिमला में आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा कम होने के बाद प्रदेश में मॉकड़िल व अभ्यास किए जाएंगे

हैंडलूम काफट केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय ने कुल्लू ज़िले की नग्गर पंचायत के ऐतिहासिक गांव शरण को देश के तीन चुनिंदा गांवों में काफ्ट हैंडलूम विलेज के नाम पर विकसित करने के लिए चयनित किया है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर देहरा से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे जबकि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर इस दौरान पतलीकूहल में मौजूद रहेंगे उपायुक्त ने बताया कि इस अवसर पर शरण गांव के बुनकरों को वस्त्र मंत्रालय की ओर से हथकरघा वितरित किए जाएंगे ग्लेशियर जलवायू परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सैंकड़ों ग्लेशियरों के पिघलने से इन दिनों चंद्रभागा नदी उफान पर है

ग्लेशियरों के पिघलने से ज़िले के किसान चिंतित है क्योंकि इन्हीं ग्लेशियरों के पानी से घाटी में सिंचाई होती है

राजन सुशांत पूर्व सांसद राजन सुंशात ने राज्य सरकार से पुरानी पैंशन स्कीम को जल्द बहाल करने की मांग की है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और जनता व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही सरकारें विफल रही हैं